बांका जिले की धोरैया सीट पर सबसे अधिक बासठ प्रतिशत से अधिक मतदान

एनडीए ने कहा दो तिहाई सीटों पर हो रही है जीत वहीं महागठबंधन का पचपन सीटों पर जीत का दावा दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार

अब तक दो लाख चार हजार तीन सौ सत्रह लोग हो चुके हैं स्वस्थ बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

वर्ष दो हजार पन्द्रह के विधानसभा चूनाव की तुलना में एक दशमलव दो एक प्रतिशत कम मतदान दर्ज किया गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि सुदूर क्षेत्रों से मतदान के अंतिम आकड़ें मिलने के बाद वोटिंग का प्रतिशत बढ़ जायेगा सबसे अधिक बासठ दशमलव पांच शून्य प्रतिशत मतदान धोरैया सीट पर रिकॉर्ड किया गया बांका में साठ दशमलव नौ सात प्रतिशत और कटोरिया में साठ दमशलव आठ चार प्रतिशत मतदान हुआ कल जिन इकहत्तर सीटों पर मतदान हुआ उनमें से पैंतीस निर्वाचन क्षेत्र नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं लेकिन अब तक किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है नक्सल प्रभावित अधिकतर जिलों में मतदान का प्रतिशत पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में अधिक रहा मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कोरोना महामारी के बावजूद पहले चरण में वोटरों द्वारा बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेने पर प्रसन्नता जतायी है श्री अरोड़ा ने मतदाताओं से अपील की कि वे बाकी दो चरणों में भी इसी तरह उत्साह से हिस्सा लें और मतदान के सभी पुराने रिकार्ड तोड़ दें प्रथम चरण के चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया बाधित करने के आरोप में एक सौ उनसठ लोगों को हिरासत में लिया गया एडीजी मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि गया में राज्य सरकार के मंत्री और भाजपा उम्मीदवार प्रेम कुमार के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है वहीं बिक्रम के महागठबंधन के उम्मीदवार और स्थानीय विधायक सिद्वार्थ सौरव के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान रूपये बांटने के आरोप में नौबतपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है प्रथम चरण के मतदान के बाद सभी दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे किये हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद स्पष्ट हो गया है कि दस नवम्बर को एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने पहले चरण में दो तिहाई सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया है वहीं महागठबंधन के प्रमुख घटक राजद और कांग्रेस ने कहा है कि पहले चरण में पचपन सीटों पर जीत मिल रही है दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल दरभंगा मूजफ्फरपूर और पटना में चुनावी सभाओं को संबोधित किया श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष के पास न तो विकास का कोई मॉडल है और न ही किसी तरह का अनुभव है उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां राज्य को फिर से पिछड़ेपन के दौर में धकेल देंगी

गांवों के पास बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है उसका लाभ बिहार के लोगों को भी मिलने वाला है इसके लिए एक लाख करोड़ रूपये का स्पेशल फंड बनाया गया है विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक भी चुनावी रैलियां कर रहे हैं एक रिपोर्ट बाईट महागठबंधन के प्रमुख नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने गोपालगंज जिले में कुचायकोटे और कटैया विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी समाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनका गठबंधन सत्ता में आता है तो दस लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी उन्होंने मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रही है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकी नगर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने किसानों से किए गए वायदो को पूरा नहीं किया राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में मोतिहारी और झंझारपुर में रोड शो किया जनअधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव ने भी कटिहार में एक सभा में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार के कार्यकाल में प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता वृदा करात ने आरोप लगाया कि राज्य की नितीश सरकार और केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान समाज के कमजोर लोगों और गरीवों को राहत पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा और अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधान सभा चुनाव पर विशेष श्रंखला के तहत एक रिपोर्ट बाईट विशेष रिपोर्ट की श्रृंखला में आज सुनते हैं बेगूसराय जिले में चुनावी परिदृश्य के बारे में हमारे संवाददाता से

जिले में करीब ढाई दशक बाद वाम दल महागठबंधन के सहारे अपनी खोई हुई अस्मिता को वापस लाने के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं तो एनडीए गठबंधन के दल बागियों की चुनौती के कारण परेशान हैं कभी वामदलों का गढ रहने वाला बरौनी अब तेघडा विधान सभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है यहां सीपीआई ने मौजूदा विधायक वीरेन्द्र महतो से पराजित रामरतन सिंह को फिर उम्मीदवार बनाया है राजद से टिकट नही मिलने पर अब वीरेंद्र महतो अब जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं इधर भाजपा के पूर्व विधायक ललन कुंवर मी दांव लगा रहे हैं लेकिन वे लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हैं दो बागियों के उतरने से दोनों बडे गठबंधनों के समक्ष तेघड़ा की सीट चुनौती बन गयी है इधर कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है बछवाडा भी महागठबंधन में हुए समझौते के कारण सीपीआई के ही खाते में चली गयी इस निर्वाचन क्षेत्र का लंबे समय से प्रतिनिधित्व करने वाले और मौजूदा विधायक रामदेव राय का पिछले दिनों निधन हो गया था कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर उनके बेटे शिवप्रकाश गरीब दास निर्दलीय ही चुनाव में उतर गये हैं बछवाडा सीट पर पूर्व विधायक अवधेश राय सीपीआई के उम्मीदवार है और भाजपा ने पूर्व विधायक सुरेंद्र मेहता को प्रत्याशी बनाया है बखरी सुरक्षित सीट पर भाकपा के सूर्यकान्त पासवान और भाजपा के रामशंकर पासवान आमने सामने हैं

चेरिया बरियार पुर में मौजूदा विधायक कुमारी मंजू वर्मा फिर से जदयू का टिकट पाने में सफल रही है वे मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह दुष्कर्म कांड की जांच के दौरान सीबीआई छापेमारी में कारतूस बरामदगी कांड में आरोपी है और जमानत पर छूटने के बाद चुनाव लड रही हैं मटिहानी बेगूसराय और साहेबपुर कमाल सीट पर भी सामाजिक समीकरणों का गुणा भाग लगाते हुए विभिन्न दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से अनुज कुमार वर्मा और अब इसी श्रंखला में सुनते हैं पश्चिम चंपारण जिले की तीन सीटों नौतन चनपटिया और बेतिया में चुनावी परिदृश्य के बारे में हमारे संवाददाता से बाइट दूसरे चरण के चुनाव में जिले की तीन सीटों पर तीन नवंबर को वोट डाले जाने हैं सबसे चर्चित है बेतिया की सीट जहां से दस उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं भाजपा की वरिष्ठ नेता रेणु देवी के सामने हैं कांग्रेस के मौजूदा विधायक मदन मोहन तिवारी चार बार विधायक रही रेणु देवी पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी से दो हजार तीन सौ से अधिक वोट के अंतर से हार गयी थी अन्य उम्मीदवारों में प्रसिद्ध साहित्यकार और गीतकार स्वर्गीय गोपाल सिंह नेपाली की पुत्री सविता सिंह नेपाली पप्पू यादव के दल जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड रही हैं

चनपटिया की सीट पर भाजपा के उमाकांत सिंह और कांग्रेस के अमिषेक रंजन आमने सामने हैं राष्टीय लोक समता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं वहीं नौतन में भी मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक नारायण प्रशाद को ही टिकट दिया है जबकि कांग्रेस ने शेख मुहम्मद कामरान को उतारा है दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड से पूर्व विधायक रही मनोरमा प्रसाद बागी होकर निर्दलीय ही चुनाव लड रही हैं आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वस्थ होने की दर बढ़कर पंचानवे दशमलव चार प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख चार हजार तीन सौ सत्रह लोग स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार पिछले तीन दिनों से दस हजार से नीचे है वर्तमान में आठ हजार सात सौ छिहत्तर मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है इस वैश्विक महामारी से राज्य में एक हजार उनहत्तर लोगों की मौत हो चुकी है भाजपा की वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद अजय निषाद विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी और भाजपा विधायक अरूण सिन्हा कोरोना संक्रमित पाये गये हैं इन सभी नेताओं ने पिछले दिनों अपने सम्पर्क में आये सभी लोगों से कोरोना जांच करवाने का आग्रह किया है बेगूसराय के गढ़पुरा बाजार स्थित इंडिया वन एटीएम से पांच सौ रूपये के संतानवे जाली नोट मिलने के बाद एटीएम को सील कर दिया गया है पुलिस मामले की जांच कर रही है वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के भदवास गांव में एक तालाब में स्नान करने के दौरान डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गयी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के तहत इकहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की खबरें सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है दैनिक भास्कर ने लिखा है कोरोना काल में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव चौवन दशमलव शून्य एक प्रतिशत मतदान प्रभात खबर ने लिखा है कोरोना पर भारी पड़ा उत्साह हिन्दुस्तान की सुर्खी है राज्य में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण रहा मतदान दैनिक जागरण ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है एक सौ बयालीस बैलेट यूनिट और छह सौ अठारह वीवी पैट बदले गये आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे से जुड़ी खबरों को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है

बांका जिले की धोरैया सीट पर सबसे अधिक बासठ प्रतिशत से अधिक मतदान

एनडीए ने कहा दो तिहाई सीटों पर हो रही है जीत वहीं महागठबंधन का पचपन सीटों पर जीत का दावा द्रसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार

अब तक दो लाख चार हजार तीन सौ सत्रह लोग हो चुके हैं स्वस्थ